राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत दो दिवसीय गांधीवाद पुनरुत्थान सम्मेलन का आज प्रयागराज में उद्घाटन किया

सम्मेलन का आयोजन परमार्थ निकेतन हरिजन सेवक संघ और ग्लोबल इंटरफेथ वाश ने संयुक्त रूप से किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संगम एक चूंबक की भांति हैं बाइट कुंभ जो है वो एक आस्था का चुंबक है जो लोगों को खींच लाता है ना चाहते हुए भी लोगों को लगता है कि हम चलें हमें चलना है चलना है और आते हैं संगम में स्नान करते हैं और वापस चले जाते हैं मुझे लगता है कि ये जो एक जो सचमुच में पूरे विश्व के लिए एक अनूठा आयोजन है और आकर्षण का केन्द्र बन गया है इससे पहले राष्ट्रपति ने प्रयागराज में कुंभ मेले में संगम पर पूजा अर्चना की इस अवसर पर राज्यपाल राम नाइक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रतिभाशाली युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है

इस अभियान के तहत लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी जीत दिलाने के लिए युवा मोर्चा देशभर में युवाआ को बड़े पैमाने पर जागरूक करेगा

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि इस निर्णय से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल होने आर कौशल शिक्षा के लिए समय मिल सकेगा उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा जीवन कौशल शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि प्रसारण के क्षेत्र में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है वे आज नई दिल्ली में टरेस्ट्रीयल और सटेलाइट प्रसारण के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री खरे ने कहा कि मंत्रालय प्रसारण के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में काम कर रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर की समन्वित ई फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग परियोजना के लिए चार हजार दो सौ करोड़ रुपये से अधिक के खर्च के प्रस्ताव को मंज्री दे दी है कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इससे आयकर रिटर्न की जांच शीघ्रता से होगी और रिफंड की रकम सीधे बैंक खातों में पहुंच सकेगी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

उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता बनाये रखने और उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने के लिये प्रभावी व्यवस्था की जाये

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है श्री शाह को कल स्वाइन फ्लू के इलाज के लिये नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था एक टवीट में पार्टी ने कहा कि श्री शाह की जांच करने के बाद चिकित्सकों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में तेजो से सुधार हो रहा है और वह जल्द स्वस्थ हो जाएंगे

इस सम्मेलन में शामिल होने के लिये पांच हजार आठ सौ दो प्रवासी भारतीयों ने अपना नामांकन कराया है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा है कि राज्य में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन से जहां एक ओर प्रदेश के विकास को बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रचार प्रसार भी होगा बाइट प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद है और उनके नाते अनेक राष्ट्राध्यक्ष का काशी आना हुआ इसी क्रम में प्रवासी भारतीय दिवस को भी आप देखिये कि इसमें पूरी दुनिया के प्रवासी भारतीय आ रहे हैं

यह अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम होगा और इसमें प्रदेश के विकास में और भारत की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर उसको पूरी दुनिया में यह जायेगी इसका संदेश जायेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगले हफ्ते ब्रहस्पतिवार को इस वर्ष के पहले प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय किया है

ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में महात्मा गांधी प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना श्रू की गई है निदेशक उद्यान आरपी सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि लखनऊ ज़िले में पहले चरण के तहत यह योजना आठ ब्लाकों की एक एक न्याय पंचायत में चलाई जायेगी

इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार के साथ साथ गांवों से युवाओं के पलायन को रोकना है